वे कल नई दिल्ली में पार्टी के दो दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार के विकास कार्यक्रमों को मतदाताओं के पास लेकर जाएं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से देश भर में पार्टी की उपस्थिति का विस्तार करने को भी कहा अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं अधिवेशन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी भाग ले रहे हैं इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे शिमला के सहायक निर्वाचन अधिकारी नीरज गुप्ता ने बताया है कि नगर निगम शिमला के सांगटी वार्ड में पार्षद पद के लिए आज उपचुनाव हो रहा है

मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद उपायुक्त कार्यालय शिमला में मतगणना की जाएगी

सीबीएसई से जारी परिपत्र को मुताबिक परीक्षा में गणित का मौजूदा स्तर व पाठयकम एक समान रहेगा बोर्ड के अनुसार दो स्तर की परिक्षाओं से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादलों छाये हुए हैं हालांकि कुल्लू व किन्नौर जिलों की ऊंची चोटियों बीती रात हल्का हिमपात हुआ है जिससे तापमान में गिरावट आई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने रेणुकाजी बहुदेशीय बांध परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल के लिए रेणुका डैम पर पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे केजरीवाल

लोकसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह को सौंपी जा सकती है प्रचार कमेटी की कमान शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में हुआ मंथन हर संसदीय क्षेत्र के लिए अलग कमेटी

मौसम से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी का शीर्षक है मकर संकाति के बाद ही सामान्य होगा मौसम

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय निजता पर हमला में लिखता है कि सोशल मिडिया विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम जरूर है लेकिन इसका उपयोग किसी की प्रतिष्ठा ध्रमिल करने या धोखा देने के लिए नहीं होना चाहिए दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय सुक्खू से राठौर तक में लिखा है कि बेशक राठौर को मिला पद आलाकमान की पंसद जाहिर कर रहा है लेकिन पार्टी का हिमाचली वजूद स्थानीय नेतृत्व की ढाल के बिना संभव नहीं होगा